उन्होंने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के तहत ज़िले में अब तक एक लाख से अधिक मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया है

भाजपा व कांग्रेस के अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला के निकट मशोबरा में भाजपा अनुसूचित जाति व युवा मोर्चा के सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने दावा किया कि केन्द्र सरकार ने पिछले पांच साल में आरक्षित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू कीं जिनका करोड़ों परिवारों को फायदा हुआ है जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर गरीब व किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय देश में विकास की रफ्तार थम गई थी उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की

राजगढ़ में एक चुनावी जनसभा में उन्होंने दावा किया कि देश व प्रदेश में हुआ विकास कांग्रेस पार्टी की देन है और सिरमौर जिले में भी पूर्व कांग्रेस सरकार ने अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए वीरभद्र सिंह ने लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने का आग्रह किया पार्टी प्रत्याशी धनीराम शांडिल भी इस मौके मौजूद रहे

मोरसू में एक नुक्कड़ सभा में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर झठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि हर चुनाव में पार्टी लोगों से झूठे वायदे करती है

उन्होंने कहा कि भाजपा ने खेलों के माध्यम से समाज को नशा मुक्त बनाने का काम किया है

शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने चारों संसदीय सीटों पर सशक्त उम्मीदवार उतारे हैं और पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी सौंपी है लेकिन भाजपा नेताओं को ये रास नहीं आ रहा है भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती पर चुनाव आयोग द्वारा प्रचार को लेकर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराते हुए उन्होंने कांग्रेस नेताओं से भी भाषा की मर्यादा कायम रखने का आग्रह किया

इस बीच मण्डी के जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाक्र ने बताया कि नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ अधिकतम चार लोग ही पर्चा दाखिल करने अंदर जा सकेंगे

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मतदाताओं में वोट डालने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं लोकतंत्र में मतदान को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है

हालांकि आपात स्थिति में लाहौल घाटी से मरीज़ों को एंबुलेंस के माध्यम से कुल्लू भेजा जा रहा है जिसके लिए प्रबंधन ने सहमति दी है लाहौल स्पिति के उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने बताया कि ज़िला प्रशासन द्वारा कुल्लू व मनाली में फंसे लाहौल घाटी के लोगों और चुनाव डियूटी पर तैनात कर्मचारियों की सूची रोहतांग सुरंग प्रबंधन को सौंपी है और लोगों की आवाजाही को लेकर अंतिम निर्णय टनल प्रबंधन को लेना है

जेल पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ठाकुर ने बताया कि कैदियों द्वारा जेल के अंदर बनाए गए हैंडलूम व खाद्य उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्देश्य उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना है